श्री कोविंद आज वाराणसी में मीडिया हाऊस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में होंगे शामिल

केंद्र ने देश में पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर कल राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश के विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा है और एक दूसरे का हम एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं इन सबका विकास चाहे वो पिछड़ा समाज हो दलित समाज हो वनवासी समाज हो इन सबका विकास साथ साथ जरूरी है प्रदेश के अपने तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र जिले के बभनी खंड में चपकी क्षेत्र का दौरा किया यहां वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम के नव निर्मित भवन का उद्घाटन किया राष्ट्रपति ने कहा कि इन सेवा आश्रमों ने जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा का ऐसा योगदान किया है जिससे लोग सोनभद्र को हमेशा याद रखेंगे राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातियों के लिए कार्य कर रहे शिक्षण संस्थान मंदिर के समान है जनजातीय संस्कृति के विस्तार और विशिष्टता की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों की कला और समुद्व संस्कृति के विकास की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अवसर और सहयोग दिया जाए तो वह देश के विभिन्न भागों और विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं श्री कोविंद ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा का भी स्मरण किया राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया और अंत में शहीद हुए उनका जीवन केवल जनजातीय समुदायों के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा है समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर घोषणा की कि उनकी सरकार सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोलेगी सोनभद्र में राज्य का आधे से ज्यादा जनजातीय समुदाय रहता है उन्होंने सोनभद्र के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए तीरंदाजी रेंज की स्थाापना करने का भी भरोसा दिलाया जो इस क्षेत्र में काफी प्रचलित है इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सोनभद्र के चपकी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया राष्ट्रपति के स्वागत में सौ से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हैलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस वनवासी समागम में इकट्ठा हुए जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे इस आश्रम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बरसों पुराना नाता है राज्यसभा सदस्य रहने के दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार चपकी सोनभद्र राष्ट्रपति ने सोनभद्र जिले के दौरे के बाद कल मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो तीन दिवसीय यात्रा पर हैं आज अपनी यात्रा के अंतिम दिन वाराणसी में मीडिया हाउस जागरण फोरम के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह वाराणसी में जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति विषय पर कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी कार्यक्रम में पांच सत्र होंगे जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे एक जनपद एक उत्पाद योजना का प्रदेश के विकास में योगदान क्रषि क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका प्रदेश में आवागमन और संचार के बढ़ते साधनों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चअल माध्यम से चर्चा के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगे एमएस यादव आकाशवाणी समाचार वाराणसी सिद्वार्थनगर में तीन दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव के दूसरे दिन कल केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिद्वार्थ नगर में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के सहयोग से कृषि मेला आयोजित कराया जायेगा जिससे यहां के काला नमक चावल के प्रचार और प्रसार को काफी बल मिलेगा श्री चौधरी ने महोत्सव में कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किये भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये शक्ति मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा कई योजनायें संचालित की जा रही हैं उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब प्रदेश में बराबरी का स्थान मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अटठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का पचहत्तरवां संस्करण होगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा की है इस योजना के अन्तर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किये जायेंगे

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ अठहत्तर नये मामले सामने आये हैं वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार आठ सौ इक्यावन हो गई है यह जानकारी देते हुए कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोमवार से शनिवार तक कोविड टीकाकरण किया जायेगा उन्होंने मोहल्ला निगरानी समिति स्वयं सेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों को सेन्टर पर ले जाकर कोविड टीकाकरण में सहयोग करें बस्ती जिले में एसटीएफ को कल एक बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एसटीएफ ने पूलिस की मदद से आतंकियों से साठगांठ के संदेह में बस्ती से एक व्यक्ति मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया है जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का ट्रेनिंग कमांडर बताया जा रहा है